जयराम ठाकर ने इस आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया मुख्यमंत्री ने एशियन विकास बैंक की सहायता से पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी केंद्रीय मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और आगामी परियोजनाओं के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया उन्होंने साहसिक पर्यटन को और मजबूत करने के लिए पर्वतारोहण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने का सुझाव दिया जयराम इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरूद्वारे में माथा टेका बाद में उन्होंने बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ ैश्री नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर विश्व शांति बंधुत्व और राज्य की खुशहाली की कामना की इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे इस दौरान श्री नयना देवी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जयराम ठाकुर और जगत प्रकाश नड्डा को सम्मानित किया

कांग्रेस सेवादल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि सेवादल की टोलियां चुनाव प्रचार में राज्य व केंद्र सरकार की जनविरोधी कार्यशैली को लोगों तक पहुंचाएगी अनुराग शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और मंहगाई की मार से आम आदमी परेशान है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है और भाजपा अपनी विफलताओं को दबाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा अपने तीन दिवसीय हिमाचल दौरे पर आज बिलासपुर पहंचे पार्टी की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार हिमाचल आने पर उनके सम्मान में बिलासपुर के लूहणू मैदान में भाजपा द्वारा भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर जगत प्रकाश नड़डा ने अपने संबोधन में पद की जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अभितशाह और केंद्रीय संसदीय बोर्ड का धन्यवाद किया

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा बड़ी जीत देर्ज करेगी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए धरातल पर कार्य किया है जिसका लोगों को लाम भिल रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर ने भी समारोह में मौजूद लोगों को सम्बोधित किया इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्या सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित पार्टी के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे नवरात्र नवमीं शारदीय नवरात्रों में आज माँ दुर्गा के नौवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्दियों की प्राप्ति हो जाती है नवमी की पूजा के साथ ही आज शारदीय नवरात्र सम्पन्न होंगे नवरात्र पर्व पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और यज्ञ व भंडारों का आयोजन चलता रहा प्रदेश के पांच शक्तिपीठों सहित विभिन्न मन्दिरों में धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है मौसम प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में रूक रूक कर बर्फबारी हो रही हैं रोहतांग व कुंजम दर्रा और बारालाचा सप्तऋषि सहित सभी उंची चोटियों पर रूक रूक कर हल्का हिमपात होने से लाहौल घाटी में ठंड बढ़ रही है रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है और कुंजम दर्रे पर पथ परिवहन निगम ने कुल्लू काजा बस सेवा बंद कर दी है